मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ जंग में राज्य ने दिया एकता का संदेश

राज्य में स्कूल शिक्षा के पाठ्यक्रम में वीर शहीदों और पदक विजेता सैनिकों की शौर्य गाथाएं शामिल की गई प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश के बाद तापमान में मामूली गिरावट मौसम विभाग की कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी

हमारे संवाददाता ने बताया कि चीनी सेना के वाहनों की वापसी जनरल एरिया गलवान हॉटस्प्रिंग और गोगरा में देखी गई

इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए खाली पड़ी भूमि पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं लगाई जाएगी रेलवे ने कई सौर ऊर्जा परियोजनाओं से बिजली खरीदने की शुरूआत भी कर दी है रेलवे की खाली पड़ी भूमि पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं

इसी कारण कोरोना प्रबन्धन में राजस्थान एक मिसाल के रूप में स्थापित हआ है

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के कारण पूरे देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है उन्होंने कहा कि अभी जीवन तथा आजीविका दोनों मोर्चो पर काम करने की जरूरत है इससे पहले संवाद में भाग लेते हुए चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सफाईकर्मियों का योगदान महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि माइक्रो प्लानिंग के कारण राज्य में कोरोना की लड़ाई को अच्छे से लड़ पा रहे हैं

सवाईमाधोपुर जिले में नेहरू युवा केन्द्र की ओर से आज योग और नारा लेखन के कार्यक्रम हए नेहरू युवा केन्द्र से जुडे मंडलों की ओर से अपने अपने स्तर पर विभिन्न गांवों में कोरोना जागरूकता अभियान चलाए जा रहे है इसके अलावा नेहरू युवा केन्द्र के कार्यकर्ता हर गांव में घर घर जाकर अरोग्य सेतु एप को डाउनलोड करने के बारे में भी जानकारी दे रहे है करौली में इसी सिलसिले में स्कूली छात्रों की चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई

प्रतिदिन सौ से कम नमुनों की जांच से शुरूआत करके कुछ ही महीनों में इतनी बडी संख्या में जांच के काम में सफलता प्राप्त की गई है इसके लिए शोध संस्थानों मेडिकल कॉलेजों जांच प्रयोगशालाओं विभिन्न मंत्रालयों और डाक सेवाओं की समर्पित टीम ने इसमें सहयोग किया है

इससे विधार्थियों में राष्ट्रप्रेम की भावना जागृत होगी

उन्होंने बताया कि इस वर्ष केन्द्र सरकार ने इस योजना को ऋणी किसानों के लिए स्वैच्छिक करने सहित कुछ बदलाव किए हैं इन सबकी जानकारी तथा योजना के प्रति आम किसान को जागरूक करने के लिए प्रचार वाहनों को रवाना किया गया है

भरतपुर में आज कलेक्टर नथमल डिडेल ने चार जागरूकता रथों को इंडी दिखाकर रवाना किया

श्री नायड ने टवीट संदेश में कहा कि महान देशभक्त और शिक्षाविद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की एकता संरक्षित रखने और भारत में जम्म कश्मीर के पूर्ण एकीकरण के लिए अथक प्रयास किया प्रधानमंत्री ने टवीट में कहा कि देश की प्रगति में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अनुकरणीय योगदान रहा हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि उनको विचारों और आदर्शो से करोड़ों देशवासियों को प्रेरणा मिली गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाये रखने और देश की एकता और अखंडता के लिए उनका समर्पण और बलिदान देशवासियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि महान राष्ट्रवादी नेता ने अपना पूरा जीवन देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित किया

राजधानी जयपुर में संभागीय आयुक्त सोमनाथ मिश्र तथा जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने आज कामकाज संभाल लिया इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री नेहरा ने कहा कि नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान तथा उनके कार्यो को पारदर्शिता से पूरा करना उनकी प्राथमिकता है राज्य सचिवालय में भी कई आईएएस अधिकारियों ने भी नए विभाग में काम शुरू कर दिया टोंक में जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश ने आज कामकाज संभाल लिया अलवर में तेजस्विनी गौतम ने पुलिस अधीक्षक का कार्यभार ग्रहण किया दौसा में पीयूष सामरिया ने जिला कलेक्टर तथा मनीष अग्रवाल ने एसपी का काम संभाला जोधपुर में इन्द्रजीत सिंह ने जिला कलेक्टर का पदभार संभाला

इस बार पांच वन सोमवार रहेंगे कोरोना महामारी के चलते राज्य के मंदिरों में श्रद्वाल दर्शन नहीं कर पायेंगे अभी तक मंदिरों को खोलने की मंजूरी नहीं मिली है जिसके चलते श्रद्वालुओं विशेषकर शिव भक्तों और कावडियों द्वारा भगवान शंकर के जलाभिषेक को स्थगित रखा गया है सवाईमाघोपुर जिले के प्रसिद्ध शिवाड के घृश्मेश्वर और अन्य प्रसिद्ध शिव मंदिरों में इस बार श्रद्वालुओं का जमावड़ा नहीं है जयपूर में झारखंड महादेव मंदिर में भी श्रद्वालू दर्शन नहीं कर सके उदयपुर में इस बार हरियाली अमावस्या और फतेहसागर पर लगने वाला मेला नहीं भरेगा

हालांकि कई जिलों में लोग उमस से परेशान रहे राजधानी जयपुर में आज दोपहर बाद बादल छाये रहे और कई स्थानों पर बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया सरहदी जिले श्रीगंगानगर में भी तेज बारिश हुई जोधप्र और पाली में भी दोपहर बाद मौसम बदला और कुछ देर ब्रंदाबादी हुई लेकिन इससे उमस बढ़ गई

जालौर करौली में भी कुछ स्थानों पर बारिश के समाचार है इस बीच मौसम विभाग ने आज राजसमंद चित्तौडगढ़ कोटा बांरा तथा झालावाड़ जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है विभाग ने कल भी अलवर भरतपुर करौली तथा धौलपुर में भारी बारिश की संभावना जताई है